सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि वाटसअप को इस पर काबू पाने के लिए तुरंत कार्यवाही करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इस प्लेटफार्म का इस्तेमाल सदभाव बिगाड़ने के लिए न किया जा सके समिति विधानसभा की लोकलेखा और लोक उपकम समितियों की दो दिवसीय बैठक शिमला स्थित विधानसभा संचिवालय में कल सम्पन्न हुई

लोक उपकम समिति की बैठक समापति नरेन्द्र बरागटा की अध्यक्षता में हुई प्रसार भारती प्रसार भारती के अध्यक्ष ए सूर्यप्रकाश ने कहा है कि आकाशवाणी और दूरदर्शन को चाहिए कि वह देश को पूर्वोत्तर क्षेत्र से परिचित करवाएं असम के गुवाहाटी में प्रसार भारती के अधिकारियों को संबोधित करते हुए कल उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी के लिए कार्यक्रमों को रूचिकर बनाने के लिए डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जोर दिया जाना चाहिए रैसलिंग मंडी जिले के पड्डल मैदान में आज अंतरराष्ट्रीय रेसलर द ग्रेट खली द्वारा रेसलिंग शो का आयोजन किया जाएगा इसके लिए देशी विदेशी रेसलर मंडी पहुंच चुके हैं द ग्रेट खली ने रैसलिंग के पूरे शो को निशुल्क दिखाने का ऐलान किया है वहीं राज्य सरकार की ओर से इस शो के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट दी जाएगी मौसम राजधानी शिमला व इसके आसपास के इलाकों में आज सुबह से रूक रूक कर वर्षा का कम जारी है हालांकि प्रदेश के अन्य जिलों में आसमान पर घने बादल छाए हुए हैं हमारे लाहौल स्पीति प्रतिनिधि ने बताया कि जिले की उंची चोटियों पर बीते कल हल्का हिमपात हुआ जिससे ठंड का असर बढ़ गया है राजधानी शिमला में भी लगातार हो रही बारिश के चलते हल्की ठंड महसूस की जा रही है

एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज समाचार पत्रों ने शिमला में हुई रिकार्ड बारिश से जुड़ी खबर को सचित्र प्रकाशित किया है अमर उजाला की सुर्खी है शिमला में बारिश ने तोड़ा पिछले तेरह साल का रिकार्ड पंजाब केसरी लिखता है शिमला में बना बारिश का रिकार्ड चौबीस घंटों में एक सौ अठारह दशमलव छह मिलीमीटर वर्षा दर्ज

दैनिक जागरण हिमाचल दस्तक और आपका फैसला की लगभग एक जैसी सुर्खी है शिमला में रिकार्ड तोड़ बारिश बीबीएमबी में हिस्सेदारी पर फिर ठेंगा शीर्षक से दिव्य हिमाचल लिखता है दूसरे राज्यों के दबाव में केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश का हक दिलाने में नाकाम

दैनिक जागरण ने केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री आरके सिंह के हवाले से लिखा है देशभर में सस्ती होगी बिजली जलविद्युत परियोजनाओं के लिए एक समान केंद्रीय ऊर्जा नीति

अमर उजाला का कहना है पनबिजली सस्ती करने को नीति बना रहा केंद्र कुफरी सम्मेलन में केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री का खुलासा दैनिक सवेरा टाइम्स के मुताबिक ऊर्जा नीति में बदलाव करेगी मोदी सरकार इसी पत्र की एक अन्य खबर है केंद्रीय बीबीएमबी परियोजनाओं में जयराम ने मांगा अपना हक वहीं हिमाचल दस्तक ने मुख्यमंत्री के हवाले से लिखा है नदियों के पानी पर हिमाचल को मिले रॉयल्टी

आपका फैसला ने खेल मंत्री गोबिंद ठाकुर के बयान को सुर्खी दी है ग्रेट खली को आर्थिक नहीं लॉजिस्टिक सपोर्ट देगी सरकार वहीं दैनिक जागरण के शब्द हैं खली के रेसलिंग शो से दूर रहेंगे जयराम अमर उजाला की एक खबर है कूड़े से बनेगा अब डीजल पैदा हो सकेगी बिजली अमेरिका की कंपनी ऊना में लगाएगी एनर्जी प्लांट दूषित पानी भी होगा शुद्व एक नज़र संपादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय लापरवाही कब तक में राजधानी शिमला के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांटों में पाई जाने वाली खामियों को दूर करने के लिए प्रदेश सरकार को सख्त कदम उठाने की सलाह दी है दिव्य हिमाचल ने अपने संपादकीय यहां हर कोई खली में लिखा है कि नाम कमा रहे हिमाचली ही अगर हमारे ब्रांड एंबेसेडर हैं तो हमें ग्लैमर से हटकर उस कर्मठता को श्रेय देना होगा जो अपने संकटों से जूझती हुई देश प्रदेश के सामने उदाहरण बन गई